चुनाव आयोग ने चण्डीगढ से भाजपा प्रत्याशी किरण खेर के एक ट्वीट पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अगले वर्ष के शुरू में अध्ययन के लिए अंतरिक्ष वाहन भेजने की योजना तैयार कर रहा है

एल वन पृथवी से साढे दस लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है

केन्द्र सरकार ने आज रफाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर कर सारे मामले को फिर से खोलने का विरोध किया है हलफनामे में सराकार ने कहा है कि याचिका दायर करने वाले इस मामले से संबंध न रखने वाले अनावश्यक सवाल कर रहे हैं सरकार ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले से असंबंधित सवालों की जांच को मना कर चुका है ये याचिका रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा सरकार की ओर से दाखिल की गई है हलफनामे में ये भी कहा गया है कि पूर्व केन्द्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा व अन्य व्यक्तियों द्वारा मामले को फिर से खोलने संबंधी याचिका गलत धारणा वाली है और अदालत में टिकने योग्य नहीं है हलफनामे में ये भी कहा गया है कि याचिका को रद्द कर दिया जाए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाला फेंकने वाले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की सेहत में जल्द सुधार की कामना की है एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि नीरज एक साहसी नौजवान हैं जिन्होंने निरंतर भारत वर्ष का गौरव बढाया है गौरतलब है कि खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की कल मुम्बई में कोहनी की सर्जरी हुई है पिछले माह पटियाला स्थित राष्ट्रीय खेल संस्थान में अभ्यास के दौरान उन्हें कोहनी में दर्द की शिकायत हुई थी जीरकपुर में आज विश्व संवाद केन्द्र द्वारा नारद जयंती के उपलक्ष्य में फेक न्यूज के दौर में लोकतंत्र के पहरेदार मीडिया की साख विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला ने निजि स्वार्थ को छोड़कर देशहित में काम करने की मीडिया को हिदायत दी दिल्ली दूरदर्शन के मुख्य एंकर एवं संपादक श्री अशोक श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में कहाकि फेक न्यूज और फेक नैरेटिवस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है इससे देश में असुरक्षा का माहौल बन रहा है

च्नाव आयोग ने चण्डीगढ से भाजपा प्रत्याशी किरण खेर को टवीटर पर एक ऐसी वीडियो सांझी किए जाने के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है जिसमें कुछ बच्चे उनके लिए चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं आयोग ने श्रीमती खेर से चौबीस घंटे में इसका जवाब देने को कहा है

च्नाव आयोग ने बाद में ये भी निर्देश दिये कि सभी राजनीतिक दल और च्नाव अधिकारी ये तय करें कि बच्चों को चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि में शामिल न किया जाए गौरतलब है कि चण्डीगढ लोकसभा क्षेत्र से सांसद श्रीमती खेर फिर से चुनाव मैदान में हैं जबकि कांग्रसे की ओर से पूर्व में चार बार सांसद रहे पवन कुमार बंसल और आम आदमी पार्टी के हरमोहन धवन चुनाव मैदान में हैं हरियाणा में चुनाव प्रचार काफी तेज हो गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला के शहजादपुर में एक जन सभा को संबोधित किया इस चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और आसाम से गुजरात तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पक्ष में माहौल है उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर देशद्रोह कानून और सेनाओं को विशेषाधिकार कानून को समाप्त करने का वादा किया है उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो सेना का मनोबल कमजोर होगा उधर क्रूक्षेत्र में लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के उमीदवार नायब सैनी ने कहा कि ये चुनाव राष्ट्रवाद सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है अंबाला लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रतन लाल कटारिया ने भी आज कई जनसभाओं को संबोधित किया और लोगों को आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए वोट देने का आहवान किया

आग की सूचना पाकर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया हमारे संवाददाता ने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है गौरतलब है कि जिले में बीते तीन दिन से हर रोज आग लगने की घटनाएं हो रही हैं अंबाला छावनी के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित खेलों का सामान बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का नुक्सान हो गया आग लगने से किसी प्रकार का कोई जानी नुक्सान रनहीं हुआ है आग लगने की सूचना पाकर पहंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया फैक्ट्री मालिक ने कहा कि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सहा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसने समाज के वर्गों का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया है जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रत्येक नागरिक महत्वपूर्ण है राज्स्थान के सीकर में एक जनसभा को संबोधित करत हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछड़े वर्गों को दिए आरक्षण में बिना कोई छेड़छाड़ किए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान किया है ताकि सभी को विकास का लाभ मिल सके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को भरोसा दिलाया है कि पाकिस्तान की ओर जाने वाला नदियों का पानी भारत के किसानों के खेतों की ओर मोड़ा जाएगा इस मौके पर श्री मोदी ने अपनी सरकार के विकास कार्यों का भी उल्लेख किया

उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो खरखोदा में भुवाना से जोड़ते हुए मैट्रो शुरू की जाएगी अंबाला लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा ने अंबाला में लोगों से संपर्क साधा

हरियाणा के गुरूग्राम में राहुल गांधी आज कांग्रस उमीदवार के पक्ष में रैली कर रहे हैं उनकी रैली में कांग्रेस प्रत्याशी अजय यादव पूर्व मंत्री आफताब अहमद पूर्व संसदीय सचिव रावदान सिंह पहुंच रहे हैं